प्रदेश में बीती रात दस बजे से पचपन घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लागू हुए

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक सत्ताईस हजार छ सौ चौंतीस मरीज स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार चार सौ पैंतालीस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सम्बोधित किया वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की अवधि के लिए सत्रह जून को सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला सम्बोधन था इस वर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र की मूल विषयवस्तु थी कोविड नाइन्टीन के बाद बहुफ्सवाद पचहत्तरवीं वर्षगांठ में हमें किस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पचहत्तरवें वर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले सत्र की प्रमुख विषयवस्त् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी सदस्यता के प्रति भारत की प्राथमिकता को भी प्रतिध्वनित करती है श्री मोदी ने अपने सम्बोधन में रेखांकित किया कि भारत की विशाल आबादी के सामाजिक आर्थिक सुधार के संकेतकों में भारत की सफलता का वैश्विक सतत विकास के लक्ष्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अन्य विकासशील देशों को सहायता देने की भारत की प्रतिबद्वता भी व्यक्त की प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के उपायों को अपनाने महिला सशक्तीकरण वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा सबके लिए आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम बनाने जैसे विकासपरक प्रयासों का उल्लेख किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग एम्ब्लेंस सेवा तथा सर्विलांस गतिविधियों के सम्बंध में राज्य मुख्यालय और जनपद स्तर पर एकीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इसका संचालन राहत आयक्त कार्यालय में लागू व्यवस्था की तर्ज पर किया जाए मुख्यमंत्री लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाए साथ ही शनिवार और रविवार को संचालित किए जाने वाले विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के कार्यों की निगरानी भी ड्रोन कैमरों से की जाए मुख्यमंत्री ने रैपिड एन्टीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच में वृद्वि करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि पच्चीस लाख से कम आबादी वाले जनपदों में कम से कम पांच सौ और इससे अधिक आबादी वाले जिलों में कम से कम एक हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं प्रदेश में बीती रात दस बजे से पचपन घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य भर में वृहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह साप्ताहिक बन्दी के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे इसके अनुसार प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजार ग्रामीण हाट और गल्ला मण्डी आज और कल बन्द रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और बैंक खुले रहेंगे धार्मिक स्थल भी सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबन्धों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं राज्य में समी औद्योगिक इकाइयों का संचालन जारी रहेगा रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए मण्डलायुक्तों जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को विशेष अभियान को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कंटेनमेन्ट जोन के सम्बंध में स्थानीय स्तर पर फैसला कर कड़ी कार्रवाई की जाए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है पेंगोंग सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को सम्बोधित किया आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है सचमुच मैं शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अमिनंदन करता हूं

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय सोलह हजार चार सौ पैंतालीस कोरोना के सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं अब तक एक हजार चौरासी रोगियों की मौत हुई है और सत्ताईस हजार छः सौ चौंतीस मरीज ठीक हुए हैं कल प्रदेश में सर्वाधिक चौवन हजार दो सौ साठ कोरोना टेस्ट किये गये अब तक राज्य में तेरह लाख उन्यासी हजार पांच सौ चौंतीस नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल छह लाख पैंतीस हजार सात सौ सत्तावन मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड बाइस हजार नौ सौ बयालीस लोग स्वस्थ हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कुल चौंतीस हजार नौ सौ छप्पन लोग संक्रमित हुए भारत में इस महामारी के फैलने की शुरुआत के बाद एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है एक दिन में छः सौ सत्तासी लोगों की मौत हुई है देश में संक्रमण से अब तक कुल पच्चीस हजार छः सौ दो लोगों की मृत्यु हुई है देश में इस समय करीब तीन लाख बयालीस हजार कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं गोरखपुर में कल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि तटबन्यों की लगातार निगरानी की जाए और संवेदनशील स्थिति आने पर तत्काल सुरक्षा हेतु उपाय किए जाएं उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग नियंत्रण कक्ष बनाकर उसके संपर्क नम्बर का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ संमावित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों से निरन्तर संवाद स्थापित करते हुए हालात की जानकारी लेने के निर्देश दिए जल शक्ति मंत्री ने सिद्दार्थनगर और महाराजगंज जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया उन्होंने महाराजगंज में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए उन्होंने कुशीनगर में बूढ़ी गण्डक नदी पर बने अमवा खास तटबंध पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को नए बीज और खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री शाही कल बस्ती जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने उत्कृष्ट कार्यो के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से सम्मानित किए जाने पर बस्ती कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी रेहड़ी पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को घर पर लघु ऋण सुविधा देने के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को कल नई दिल्ली में जारी किया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिए ऋण की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाना है